विधानसभा सत्र उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज संसद के दोनों सदनों में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को दस वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया एंग्लो इंडियन को पिछले सत्तर वर्ष से मिल रहे संसद तथा विधानसभा में आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया सदन में इस प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने प्रस्तूत किया और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया नेता प्रतिपक्ष इंदिर हृदयेश ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन उन्होंने जोड़ा कि यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण भी जारी रखा जाता तो बेहतर होता सदन में एंग्लो इंडियन सदस्य जार्ज आईवन ग्रेगरी मैन ने कहा कि जनगणना में कहीं भी एंग्लो इंडियन के लिए कोई खाना नहीं बना हुआ था इसलिए जनगणना के आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि एंग्लो इंडियन समुदाय को दस साल के लिए और आरक्षण दिया जाए

लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ लोग अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं इनको भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है

उन्होंने कहा कि इस उपबंध को दस वर्षो तक जारी रखने के लिए लोक सभा में पारित इस प्रस्ताव को राज्य में लागू करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा जारी रखने का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है मुख्य सचिव पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि चारधाम यात्रा के विकास से सम्बन्धित कार्य तेजी से चल रहे हैं और चारधाम यात्रा सीजन शुरू होने से पहले पूरे हो जायेंगे देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक हुई बैठक में पर्यटन सचिव ने चारधाम यात्रा में आवश्यक सुविधाओं का मास्टर प्लान पार्किंग शौचालय औरपर्यटक सूचना केन्द्र आदि के संबंध में जानकारी दी

बैठक में मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन को डेवलप करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अलग अलग सीजन में कौन कौन से फूल हो सकते हैं उसकी स्टडी की जाए और पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर हालैण्ड तकनीक के अनुसार ट्यूलिप गार्डन पर कार्य शुरू किया जाए शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिकित्सकों को पीजी कोर्स की अवधि में भी प्रर्ण वेतन दिये जाने की घोषणा की है देहरादून में आयोजित प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ उत्तराखण्ड की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है

यह प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अच्छी खबर है उन्होंने टेलीमेडिसिन सेवा को पूरे प्रदेश में पहुंचाने का प्रयास करने की बात कही समारोह में उन्होंने विभिन्न चिकित्सकों और अन्य अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया

मंत्रालय ने योग के संदेश के प्रचार प्रसार में मीडिया के योगदान के सम्मान के लिए पिछले वर्ष जून में इन पुरस्कारों की घोषणा की थी ये इस तरह के पहले पुरस्कार हैं ये पुरस्कार भारत और विदेश में योग के प्रचार प्रसार में भूमिका और जिम्मेदारी के लिए मीडिया का सम्मान करने के लिए शुरू किये गये हैं

इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि योग विश्व में भारत की पहचान है

उन्होंने कहा कि समाज में अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार मीडिया की जिम्मेदारी है मौसम प्रदेश में आज ज्यादातर जगहों पर बारिश और बर्फबारी जारी रही जिससे तापमान में भारी गिरावट आ गई है चमोली जिले में दो दिनों से लगातार बारिश बर्फबारी हो रही है यहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों बदरीनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी औली रूपकुंड रुद्रनाथ बेदिनी बुग्याल में लगातार बर्फबारी से कई फीट बर्फ जम गई है

उत्तरकाशी में भी बर्फबारी से कुछ रास्ते बंद हैं यहां सुवाखोली मोटर मार्ग मोरियाना के पास बर्फबारी के कारण बाधित है लम्बगांव मोटर मार्ग चौरंगी के पास बाधित है हर्षिल सुखी समेत कई क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई पौड़ी में लगातार हल्की बारिश से मौसम बहुत ठण्डा हो गया है जिले के सारे मार्ग खुले हुए हैं बागेश्वर जिले के बदियाकोट सोराग बोराचक सहित विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है इसके चलते कुछ रास्ते बंद हैं कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित है पिथौरागढ़ के मुन्स्यारी सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई बर्फबारी के कारण थल मुन्स्यारी मोटर मार्ग बंद है साथ ही बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने र्स लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है अल्मोड़ा में आज बारिश हुई है जिससे कुछ जगहों पर विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई टिहरी में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है यहां सभी चोटियां बर्फ से ढक गई हैं देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है आज रात राज्य में देहरादून हरिद्वार ऊधमसिंह नगर पौड़ी और नैनीताल में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनी जतायी गई है

पर्वतीय क्षेत्रों में शीत दिवस रहने की स्थिति में लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है साथ ही यात्रियों को सतर्क रहने और राज्य सरकार के अधिकारियों के संपर्क में रहने को कहा गया है

इस अवसर पर श्री आर्य ने कहा कि विद्यालय खुलने से जनजाति के बच्चों गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी

वही केंद्र सरकार ने छात्रावास के लिए धनराशि स्वीकृत कर जारी कर दी हैं

तब तक किराये के भवन में यह विद्यालय चलेगा उड़ान योजना उड़ान योजना के तहत गौचर हवाई पट्टी से हेली सेवा शुरू करने के लिए प्रशासन और नागरिक उड्डयन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

इस दौरान टीम ने गौचर हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा ईंधन व्यवस्था चेकिंग व्यवस्था वेटिंग व्यवस्था फायर सुरक्षा मेडिकल सुविधा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया टीम ने प्रशासन पुलिस मेडिकल फायर और अन्य आंतरिक ढांचागत व्यवस्थाओं की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया देहरादून से गौचर तक हेरिटेज कंपनी की ओर से हेली सेवाओं का संचालन किया जाना है इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं